वे आज शिमला रिथित अपने सरकारी निवास स्थान ओकओवर में उनसे मिलने आए नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत डॉक्टर नर्से पुलिस कर्मचारी आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सफाई कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं जिससे इस वायरस के खिलाफ प्रभावी तरीके से लड़ने में मद्द मिल रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ आवश्यक सेवाएं दे रहें अग्रणी पंक्ति के कर्मचारियों की मृत्यु होने की स्थिति में सरकार उनके परिजनों को पचास लाख रुपये अनुग्रह राशि प्रदान करेंगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल भी इस दौरान मौजूद रहीं मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष व राजस्थान से सांसद ओम बिरला से कोटा व राज्य के अन्य भागों में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत लगाएं गए लॉकडाउन के कारण प्रदेश के हजारों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से सैंकड़ों विद्यार्थी कोटा से कोचिंग कोर्स कर रहें है और उनके अभिभावक बच्चों को वापिस लाने का अनुरोध कर रहे है जयराम ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से विद्यार्थियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया अनुराग ठाकर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ई कमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय को छोटे व्यापारियों के हित में बताया है एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ई कमर्स कंपनियों पर लगाई गई इस रोक का लाम छोटे दुकानदारों व व्यपारियों को मिलेगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने स्थानीय स्तर पर लोगों के जन जीवन को सामान्य करने के लिए चरणबद्व ढंग से अतिरिक्त सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी है इस बीच अनुराग ठाकुर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के बड़सर विधानसभा के पार्टी पदाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे राहत कार्यो के बारे जानकारी ली उन्होंने पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए

इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सेतु एप विकसित की है

ये एप रेडियो सिगनल तकनीक पर काम करता है और उपयोग करने वाले व्यक्ति के किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने पर अलर्ट करता है

उन्होंने कहा कि हर एक पत्रकार को समुचित सावधानी बरतनी चाहिये

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिन्दल ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में मास्क बनाने और इनके वितरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है वे आज अग्रसेन महिला सभा नाहन की जागरूक महिलाओं से बातचीत कर रहे थे

बिन्दल ने महिला समूह के इस सहयोग के लिए आभार जताते हुए बताया कि प्रदेश में महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा अभी तक साढ़े आठ लाख से अधिक मास्क बनाकर इनका वितरण किया जा चुका है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बूथ अध्यक्ष स्तर तक मास्क बनाने और इनके वितरण कार्य को सुनिश्चत किया गया है